मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है शामिल राज्यपाल राम नाईक ने प्रदेश की क़ानून व्यवस्था को बताया बेहतर शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर आज प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में लगी है श्रद्वालुओं की भारी भीड़ प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद जिले का नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया है नया नाम कल से प्रमावी हो गया है यह फैसला कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अव्यक्षता में सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया मंत्रिपरिषद ने ललितपुर ज़िले की पाली तहसील के तेईस गांवों को सदर तहसील में शामिल किये जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है इन गांवों में रहने वालों को पाली तहसील मुख्यालय जाने के लिए प्राकृतिक अवरोघों की वजह से बहुत दूर जाना पड़ता था जबकि इन गांवों के निवासियों को सदर तहसील जाने के लिए आवागमन के साधनों की सहज उपलब्धता है और उनके लिए सदर तहसील पहंचना आसान भी है बैठक में गोरखपुर जिले में बंद पड़ी धुरियापार किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड की पचास एकड़ भूमि बायोमास आधारित एथनॉल प्लांट की स्थापना के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन को तीस वर्ष की लीज़ पर स्थानान्तरित करने का फैसला किया गया है राज्य में गन्ने की अच्छी पैदावार के मद्देनज़र गन्ने की पेराई सुनिश्चित करने और लघु तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने व रोज़गार सुजन के लिए नई खांडसारी लाइसेंसिंग नीति को मी मंजूरी दी गई है यह नीति पहली अप्रैल दो हज़ार अट्ठारह से प्रभावी मानी जायेगी नीति के तहत गुड़ बनाने वाली इकाईयां लाइसेंस से मुक्त रहेंगी काबीना ने एटा देवरिया सिद्दार्थनगर फतेहपुर गाजीपुर हरदोई और प्रतापगढ़ जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की प्रायोजना के लिए खर्च प्रस्ताव अनुमोदित करने के साथ साथ आंतरिक फर्निशिंग कार्यो में उच्च विशिष्टियों को इस्तेमाल किये जाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है इसर्के अलावा मंत्रिपरिषद ने पश्पालन को बढ़ावा देने और दुध्य उत्पादकों के बीच स्वस्य प्रतिसर्घा पैदा करने के उददेश्य से दुष्प विकास कार्यक्रम के तहत भारतीय गोवश की गाय के दूध की सबसे ज्यादा आपूर्ति करने वाले दुष्प उत्पादकों को नन्दबाबा पुरस्कार देने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनभावनाओं के अनुरूप इलाहाबाद का नाम बदला गया है पांच सौ साल पहले इसका नाम प्रयाग ही था त्रिवेणी का संगम होने के कारण यह प्रयागराज हुआ नामकरण का विरोध करने वालों को इतिहास और परम्परा की जानकारी होनी चाहिए श्री योगी कल गोरखपुर में बुढ़िया माता मंदिर के बाहर मीड़िया से बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है श्री योगी ने कहा कि स्वस्थ समाज के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविघाएं बिना किसी भेदभाव के सभी को मिलनी चाहिए श्री योगी लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयर्विज्ञान संस्थान में आधनिक चिंकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित पांच सौ पचास बिस्तरों के विस्तार कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए से बाते कही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समी मण्डतों में मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ साथ हर तीन संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज और दो जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना भी बना रही है उन्होंने कहा कि गोरखपुर और वाराणसी में एम्स की तर्ज़ पर संस्थान बनाने का काम प्रगति पर है

राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने प्रमावी कदम उठाये हैं श्री नाईक कल सिद्दार्थनगर में कपिलवस्त् विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठित अपरायों में खासी कमी आई है राम मंदिर निर्माण के बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अदालत के फैंसले के बाद मामले का समाघान हो जायेगा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राविकरण ने कहा है कि वाहन खरीदते समय दीर्घकालिक अनिवार्य व्यक्तिगत दर्घटना बीमा सीपीए स्वैच्छिक है और बीमा कम्पनियां एक वर्ष या पांच वर्ष के सीपीए का अनिवार्य रूप से विकल्प देंगी नियामक ने बीमा कम्पनियों को इस बारे में ज़रूरी निर्देश जारी किये हैं नियामक के इस स्पष्टीकरण से नई गाड़ियां ख़रीदने वालों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि अमी बीमा कम्पनियां खरीदारों को पांच वर्षीय सीपीए की ही पेशकश कर रही हैं प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर होने वाले हादसों पर प्रभावी ढंग से काबू पाने के लिए जल्द ही एडवांस ट्रैफ़िक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जायेगा उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेस ये की तरह लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर यात्रियों को सभी ज़रूरी सुविधाए उपलब्ध कराई जायेंगी वह आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पांच एम्बुलेस और दस पेट्रोलिंग वाहनों को झंडी दिखाने के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि एम्बूलेंस के जरिये इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी शारदीय नवरात्र की आज अष्टमी तिथि है श्रद्वालु आज माँ भगवती के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी है मिर्जापुर जिले में स्थित प्रसिद्द शक्तिपीठ विन्ध्याचल धाम में ब्रह्ममूहर्त से श्रद्वालु माता के दर्शनों के लिए पंक्तिबद्व हो गए हैं माता विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर की ओर जाने वाली समी गलियों में भीड़ का भारी दबाव है विन्याचल का नवरात्र मेला आज अपने चरम पर है वाराणसी के दुर्गाकृण्ड देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है उघर बलरामपुर जिले में स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ पर भी श्रद्वालुओं की लम्बी कतारे लगी हैं वहां पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्वालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं एक रिपोर्ट हमारे बलरामपुर प्रतिनिधि से जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर नगर में स्थित देवीपाटन राक्तिपीठ पर आज अप्टमी तिथि को माँ के दर्शन पूजन हेतु भारी संख्या में देश व प्रदेश के अलावा पड़ोसी देन्न नेपाल से भी श्रद्धाल पहुंच रहे हैं श्रद्धाल्ओं की लम्बी कतारें लगी हुई हैं आज अष्टमी का शुम मूहर्त होने से मुण्डन अन्यप्रासन कर्णछेदन जैसे सामाजिक कर्मकाष्ड भी लोगों द्वारा सम्पन्न कराए जा रहे हैं रामकुमार मिश्र आकाशवाणी समाचार बलरामपुर महराजगंज जिले के लेहड़ा देवी मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान ब्रम्हमुहूर्त से ही आरम्म हो गया है गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित तरकुलहा देवी मंदिर बुढ़िया माई मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों पर भी दर्शन पूजन तथा विविद धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं उघर दुर्गा पूजा महोत्सव भी जोरो पर है पाण्डालों में स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के पट खुल गए है और श्रद्वालु दर्शन पूजन कर रहे हैं

बीती रात कई स्थानों पर भगवती जागरण तथा अन्य विकिध कार्यक्रमों के आयोजन किए गए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की नौ सेवाओं को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिये आम नागरिकों को महैया कराने का निर्णय लिया गया है माध्यमिक शिक्षा विभाग की सचिव संध्या तिवारी ने बताया कि इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है